भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ऊना में प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाईट सैंटर के निर्माण कार्य के लिए मांगा सहयोग विश्व रक्तदान दिवस पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन लोगों ने बढ़चढ़ कर लिया हिस्सा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज नीदरलैंड के ऊस्टरहाउट में डालको फूड्स फैसिलिटी का दौरा कर फलों से बनने वाले विशेष तौर पर सेब से संबंधित उत्पादों की जानकारी ली प्रतिनिधिमंडल ने प्रोटीन आधारित शाकाहारी भोजन के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ली मुख्यमंत्री ने उनके उत्पादों में रूचि दिखाते हए हिमाचल की विविघ जलवायु में पैदा होने वाले फलों को प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त बताया उन्होंने कहा कि प्रदेश में फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी जयराम ठाकुर ने कहा कि इस क्षेत्र में इच्छुग उद्यमियों को निवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता दी जाएगी उन्होंने डालको फूड्स के शॉप फ्लोर का दौरा कर विभिन्न उत्पाद बनाने में अपनाई जा रही हाइजिनिक तकनीकों के संबंध में भी जानकारी हासिल की इस दौरान जयराम ठाकुर ने हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उन्हें धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित किया

ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि इस संबंध में सभी ज़िला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं उन्होंने बताया कि प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी ग्राम पंचायत प्रधानों को बरसात में वर्षा जल संग्रहण व संरक्षण के लिए एक पत्र लिखा है जिसे इन ग्राम सभा की बैठकों में पढ़ा जाएगा वीरेन्द्र कंवर ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इसे जन आंदोलन का रूप देने को कहा है उन्होंने बताया कि सभी पंचायतों में मेढ़बंदी नदी नालों में चैक डैम निर्माण और तटबंदी सहित वर्षा जल संग्रहण की दिशा में अन्य निर्माण कार्य कराने का आग्रह किया गया है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि स्वच्छता अभियान की तर्ज पर जल संग्रहण और संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में प्रदेश में लागू किया जाएगा

बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के मंडप में जनसमस्याएं सुनने के बाद ये बात कही

महेन्द्र सिंह ठाकुर ने लोगों की अधिकांश समस्याओं का मौके पर निपटारा किया और शेष के संबंधित अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि टांडा मैडिकल कॉलेज में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से पूर्ण विकसित डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी मैडिकल कॉलेज में रेबीज़ के खिलाफ दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज उत्तराखंड का दौरा किया इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से मिलकर प्रदेश के विकास की सराहना की अनुराग ठाकुर ने आयकर व जीएसटी अधिकारियों के साथ विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की केन्द्रीय दल चार सदस्यीय अंतर मंत्रालय केन्द्रीय दल ने आज मंडी ज़िला में सर्दियों के दौरान भारी वर्षा बर्फबारी और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायज़ा लिया केन्द्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव और दल के अध्यक्ष केबीसिंह के नेतृत्व में मंडी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक भी की

इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने प्रैजेन्टेशन के माध्यम से अपने अपने विभाग से संबंधित नुकसान की विस्तार से जानकारी दी सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में संस्कृत विषय को लागू करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी द्वारा शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित संस्कृत सम्मेलन में उन्होंने ये विचार व्यक्त किए शिक्षा मंत्री ने कहा कि जरूरत के अनुसार भाषा अनुवादकों और शिक्षकों की नियुक्ति पर भी विचार किया जा रहा है इस मौके पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि संस्कृत भारतीय सभ्यता इतिहास संस्कृति और जनजीवन का जीवंत दस्तावेज है उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया

उपायुक्त अमित कश्यप ने बताया कि सप्ताह के अंत में सैलानियों की बढ़ती तादाद के चलते यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जनहित में ये निर्णय लिया गया है उन्होंने स्थानीय जनता से सहयोग की अपील की है सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने आज दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात कर ऊना में प्रस्तावित पीजीआई सैटेलाईट सैंटर के निर्माण कार्य के लिए सहयोग मांगा इसके अलावा उन्होंने केन्द्र द्वारा स्वीकृत ऊना ज़िला अस्पताल के लिए मदर चाईल्ड हैल्थ केयर और ट्रॉमा सैंटर के निर्माण को भी जल्द शुरू कराने का आग्रह किया सतपाल सत्ती ने केन्द्रीय मंत्री से ऊना जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने की बात कही केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की मज़बूती के लिए शुरू की गई मुहिम जारी रखने का भरोसा दिलाया उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी रक्तदान दिवस आज विश्व रक्तदान दिवस है यह दिवस सुरक्षित रक्त और रक्त उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है रक्त दान और सबके लिए सुरक्षित रक्त संचरण इस वर्ष का नारा है सबके लिए सुरक्षित रक्त इस उपलक्ष्य पर चंबा मैडिकल कॉलेज में एक रक्तदान शिविर लगाया गया चंबा के विधायक पवन नैय्यर ने शिविर के शुभारंभ अवसर पर कहा कि रक्तदान महादान है और समय समय पर सभी को रक्तदान करना चाहिए इस दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा लिया इधर शिमला में सेव लाइफ मिशन और अखिल भारतीय पंजाब नेशनल बैंक अधिकारी संघ ने रिज मैदान पर रक्तदान शिविर लगाया इस दौरान लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक भी किया गया रक्तदान शिविर में स्थानीय लोगों सहित पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों और यहां घुमने आए सैलानियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया सेव लाइफ मिशन के प्रवक्ता शम्मी ने बताया कि एक सप्ताह में रक्तदान के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए

मेले के दौरान विभिन्न खेल स्पर्धाओं के अलावा सांस्कृतिक कार्यकम और विभिन्न विभागों की विकासात्मक प्रदर्शनियां लगाई गई मेले में पशुपालन विभाग द्वारा लगाई गई पशु मंडी भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र रही ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने समापन अवसर पर पशु प्रदर्शनी के विजेताओं को सम्मानित किया रामस्वरूप शर्मा मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आज किन्नौर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और उन्हें एक बार फिर सांसद बनाने पर जनता का धन्यवाद किया बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों पर पूरा विश्वास था और उन्हें फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए ही जनता ने भाजपा सांसदों को भारी मतों से विजयी बनाया रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि लम्बित पड़े विकासकार्यों को पूरा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी मनहर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई जाला ने कहा है कि सफाई कर्मियों का शोषण किसी भी स्तर पर नहीं होना चाहिए और इन्हें सभी देय लाभ मिलने चाहिए कुल्लू में आज एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए उन्होंने इन कर्मचारियों का आयुष्मान भारत और हिमकेयर जैसी स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल करने की भी बात कही जांच शिविर लाहौल स्पिति ज़िले के सिसू उयदपुर और केलंग में सेब लाहौल स्पिति संस्था द्वारा तीन दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया शिविर में विभिन्न रोग विशेषज्ञों ने लोगों के स्वास्थ्य की जांच की इस दौरान आज क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ी जिसमें अधिकतर नेत्र और स्त्री रोग से संबंधित थे लोगों ने शिविर को फायदेमंद बताते हुए कहा कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और ऐसे में दुर्गम क्षेत्रों के लोगों को घर द्वार पर उपचार मिलता है